लॉकडाउन का पांचवां चरण तीस जून तक लागू रहेगा

कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन का पांचवां चरण तीस जून तक लागू रहेगा केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में आदेश जारी किया है इसके तहत लॉकडाउन के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए गये हैं ये दिशा निर्देश एक जून से तीस जून तक लागू होंगे इस दौरान लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना है एक से द्रसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा स्कूल और कॉलेज खोलने के बारे में फैसला जुलाई में किया जाएगा होटल धार्मिक स्थल और सैलून खोलने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है विदेश यात्रा सिनेमा हाल जिम मेट्रो सेवा अभी बंद रहेंगे कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन पांच को लेकर कहा है कि उनकी सरकार केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आगे कोई फैसला लेगी श्री कुमार ने आज ही कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना महामारी से मजबूती से निपट रहा है श्री मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों से संवाद किया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में अपनी एकजुटता से देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल दिया है बाईट देशवासियों की आशाओं आकाँक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है

जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है यह एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संमली हुई स्थिति में है ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों प्रवासी कामगारों लघु उद्योगों के शिल्पकारों दस्तकारों हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थायें फिर से कैसे पटरी पर आएंगी इस पर व्यापक बहस हो रही है कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की एकता और प्रतिबद्धता ने विश्व को आश्चर्यचकित किया है बाईट जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे

आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्भर भारत श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की यह जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बनें और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा

अपने बलवूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है आत्मनिर्मर भारत

यह अभियान हर एक देशवासी के लिए हमारे किसान हमारे श्रमिक हमारे लघु उद्यमी हमारे स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान समी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा भारतीयों के पसीने से परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केन्द्र रहे उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई बाईट बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वामाविक है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता रही है पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं और एक वर्ष में ही नौ करोड़ पचास लाख से अधिक किसानों के खातों में बहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई है

श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से यह संकट का समय है लेकिन हमारे लिए यह दृढ़संकल्प का भी समय है उन्होंने कहा कि हम अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला खुद करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी पटना सहित आस पास के क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है इस दौरान पैंतालीस से पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गये जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है जबकि कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने से जानमाल के नुकसान की आशंका जतायी जा रही है कई स्थानों पर बिजली के खंम्भे उखड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित है केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए बिहार में जल जीवन अभियान के कार्यान्वयन के लिए एक हजार आठ सौ बत्तीस करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया है इस मिशन के तहत बिहार में एक करोड़ पचास लाख से ज्यादा बचे हुये घरों को पीने के पानी के लिए नल का जल कनेक्शन मुहैया कराना है इसके अलावा राज्य के आकांक्षी अनुसूचित जाति और जन जाति गांव तथा जिलों के सभी घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय कर जल जीवन मिशन शुरू किया है इसका लक्ष्य वर्ष दो हजार चौबीस तक गांवों के सभी घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सूबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाईट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश में आज कोरोना वायरस संक्रमण के एक सौ बावन नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार पांच सौ ग्यारह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक उन्नीस मामले बेगूसराय जिले से हैं वहीं दरभंगा में सत्रह शेखपुरा में पन्द्रह भोजपुर में चौदह मधेपुरा में दस अररिया में नौ सीवान और मुजफ्फरपुर में आठ आठ जहानाबाद और मुंगेर में छह छह गया और किशनगंज में पांच पांच पॉजिटिव पाए गए हैं रोहतास कैमूर पटना सहरसा और नालंदा में तीन तीन भागलपूर और शिवहर में दो दो मामले पाये गये हैं वहीं वैशाली सारण बांका बक्सर पूर्वी चंपारण खगड़िया समस्तीपूर जमूई और सीतामढ़ी में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई आज इस महामारी से खगड़िया जिला निवासी एक मरीज की मृत्यू हो गयी इसके बाद कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर इक्कीस हो गयी है अब तक एक हजार तीन सौ ग्यारह मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट गये हैं देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ तिरसठ हो गई है अब तक बयासी हजार तीन सौ सत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार नौ सौ इकहत्तर लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर तैंतालीस प्रतिशत से अधिक हो गयी है राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश ग्रप्ता ने बताया कि सुरक्षित रहने के लिए हर व्यक्ति को लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर में रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए

एम्स में वृद्धावस्था विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एबी डे ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से बुजुर्ग बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें घर में रहने मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने जैसे सभी आवश्यक उपायों का पालन करना चाहिए

अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है कि आपको कि उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते थे वहीं खायें और दिन भर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहें चलते फिरते रहे बिल्कुल बेड बाउंड न हो जायें घर में रहें ये दौर भी गुजर जायेगा लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लॉकडाउन में लोगों को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है रोहतास और नवादा जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे कठिन परिस्थितियों में काफी राहत हुई है

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक उल्लंघन करने के आरोप में चौबीस सौ चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं तिरासी हजार आठ सौ तिरानवे वाहन जब्त किये गये हैं मैथिली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि और गीतकार प्रभू नारायण झा उर्फ मैथिली पुत्र प्रदीप का निधन हो गया

मैथिली भाषा की लोकप्रिय भगवती वंदना जगदंब अहिं अवलंब हमर के रचयिता प्रदीप ने मैथिली और हिन्दी भाषा में तीस से अधिक साहित्यिक तथा धार्मिक प्रस्तकें लिखी हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत नेपाल सीमा से लगे पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दो नई सीमा चौकी बनायेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की कमान संभाल रहे एसएसबी ने राज्य सरकार के वन विभाग की सहमति से इकलौते टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित नया बार्डर आउट पोस्ट बनाने के लिये दो नए जगहों का चयन किया है

लॉकडाउन का पांचवां चरण तीस जून तक लागू रहेगा

कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया